यंग लीडर्स कांक्लेव मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि अच्छे लोगों को समाज और राजनीति में आगे आना चाहिए उन्होंने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जब सोच के साथ जुड़ जाती है तो समाज और देश हित में निर्णय होते हैं इसके लिए बहुत जरूरी है कि अच्छे लोग आगे आएं

सब कुछ हमारे भीतर ही है स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया को भारतीय दर्शन से अवगत कराया हमें अपनी इस महान परम्परा व पूर्वजों पर गर्व करना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत नौजवानों का देश है नौजवान भारत की ताकत हैं आने वाले समय में भारत दुनिया का मार्गदर्शन करेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक का जो आह्वान किया है उसमें युवाओं को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि वसुधैव कुट्म्बकम हमारी परम्परा व संस्कृति रही है भारत ने समय समय पर दुनिया भर से पीड़ित सम्प्रदायों को शरण दी है सीएए में भी पीड़ितों को नागरिकता देने की बात कही गई है इसका विरोध कुछ लोगों द्वारा निराधार ही किया जा रहा है उच्च शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि इस उत्तराखण्ड यंग लीडर्स कान्क्लेव में युवाओं से विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जायेगी

इसी कडी में आज कई जनपदों में आम जन मानस को यातायात नियमो के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न रैलियों का आयोजन किया गया हरिद्वार के शंकराचार्य चौक से सड़क सुरक्षा सप्ताह रैली को एसएसपी सेंथिल अबुदई ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान काटने का मतलब सरकारी खजाने को भरना नही बल्कि लोगो को भविष्य के लिए जागरूक करना होता है यातायात नियमो के उल्लंघन करने पर हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है चंपावत में पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया इस दौरान पुलिसकर्मियों ने तख्ती स्लोगन के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया श्री सिंह ने बताया कि जनता को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करने व दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए प्रतिवर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है अल्मोडा में भी सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एसएसपी के निर्देशन में महिला बाइक रैली निकली गई जिसमें महिला पुलिस कर्मियो और स्थानीय महिलाओं ने भाग लिया इस दौराना पुलिस ने लोगों से हैलमेट सीट बैल्ट लगाने और शराब पीकर वाहन न चलाने के अपील की नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम कल से लागू हो गया है केंद्र ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है

उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी सीएए प्रदेश भाजपा ने आज अल्मोड़ा में नागरिकता संसोधन विधेयक के समर्थन में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया सम्मेलन में भाजपा नेताओं ने कहा कि यह विधेयक ऐतिहासिक है और भारतीय जनमानस की उम्मीदों के अनुसार है सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए विधानसभा के उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने नागरिकता संसोधन विधेयक को पारित कर नेक काम किया है पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना झेलने वाले लोगों को भारत नागरिकता देने का काम कर रहा है उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग देश भर में सीएए को गलत ढंग से प्रचारित कर रहे हैं पत्रकारों से बातचीत में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुन्दन लटवाल ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में एनआरसी और और सीएए को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं वहीं दर्जाधारी नेता राजेश कुमार और भाजपा जिलाध्यक्ष रवि रौतेला ने भी सीएए का समर्थन किया सुरक्षित प्रदेश उत्तराखंड बुजुर्ग लोगों के लिए उत्तर भारत में सबसे सुरक्षित स्थान है इसके अलावा प्रदेश में अपराध भी अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम हुए हैं

इसके अलावा उत्तराखंड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अपराधों में भी कमी आई है गौरतलब है कि नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो हर साल देश भर में हुए विभिन्न अपराधों के रिकार्ड प्रकाशित करता है स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किये स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम अब नैनीताल जिले के रामनगर में भी रंग ला रही है अभियान के तहत रामनगर नगरपालिका लोगों में जागरूकता लाने की नई पहल कर रही है पालिका ने एक योजना शुरू की है जिसके तहत अजैविक कूडा लाने पर कृपन और भोजन दिया जा रहा है रामनगर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भारत त्रिपाठी ने बताया कि छुट्टी के दिनों में स्कूली बच्चो की सहायता से स्वछता अभियान चलाया जा रहा है उन्होंने कहा कि अजैविक कूड़े को रिसाइकिलिंग के लिए भेजा जाएगा शहर के नागरिकों के साथ ही स्वयं सहायता समूह भी इस अभियान को आगे बढ़ाने में लगे हैं समूह लोगों को कचरा निस्तारण के प्रति जागरूक कर रहे हैं इस कदम से पालिका और उनकी आय भी बढ़ रही है लाभार्थी बंसती देवी और रेवती ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस पहल से कूड़े के माध्यम से लोगों की कमाई हो रही है मौसम प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है ऊंचे हिमालयी इलाकों में बर्फबारी जारी है जबकि निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है प्रदेश के मुनस्यारी उत्तरकाशी चमोली और रुद्रप्रयाग के ऊंचे इलाकों में बर्फ गिरी और निचले इलाकों में सुबह और शाम कोहरे की चादर रही मैदानी इलाकों में गुनगुनी धूप रही देहरादून के आसमान पर बादलों और सूर्य में दिन भर लुका छिपी चलती रही मसूरी और धनोल्टी में बर्फबारी के बाद अब जनजीवन सामान्य हो रहा है इस बीच प्रदेश में बर्फबारी से बंद सड़कों को खोलने का काम युद्दस्तर पर चल रहा है मौसम विभाग के अनुसार सोमवार दोपहर बाद मौसम में बदलाव हो सकता है देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश होगी और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो सकती है जेएनयू दिल्ली पुलिस ने जेएनयू हिंसा मामले में नौ संदिग्ध लोगों की पहचान की है पुलिस उपायुक्त जॉय तिर्की ने इस महीने की पांच तारीख को विश्वविद्यालय परिसर में हुई घटना के बारे में जारी छानबीन के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस संदिग्धों को नोटिस भेज कर उनसे जवाब तलब करेगी उन्होंने कहा कि जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष को भी उन लोगों में देखा गया जिन्होंने विश्वविद्यालय की पंजीकरण प्रक्रिया को अवरुद्ध करने के लिए प्रशासनिक ब्लॉक में स्थित सर्वर कक्ष में तोड़फोड़ की उन्होंने कहा कि ज्यादातर विद्यार्थी अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं लेकिन ये लोग उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहे हैं उन्होंने कहा कि हिंसा के दौरान कुछ खास विद्यार्थियों को निशाना बनाया गया श्री तिर्की ने बताया कि हिंसा के सिलसिले में तीन मामले दर्ज किए गए हैं जिनकी जांच की जा रही है

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से संवाद करने वाले चुनिन्दा छात्रों में से एक केन्द्रीय विद्यालय रायवालादेहरादून के हर्षवर्धन का कहना है कि इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों को एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है जिससे परीक्षाओं के दौरान होने वाले तनाव को दूर करने में मदद मिलती है

उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिये भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिये

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है गुरुकुल कांगड़ी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में चल रहे लिटरेचर फेस्टिवल में देश विदेश के साहित्यकर्मी कलाकार और रंगकर्मी भाग ले रहे हैं साहित्य के सरोकारों को समाज से जोड़ने के लिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और अन्तः प्रवाह मिलकर यह साहित्य महोत्सव आयोजित किया है